इनमें टोंक सवाईमाधोपुर अजमेर पाली जोधपुर बाडमेर जालोर सिरोही उदयपुर चित्तौड़गढ राजसमंद भीलवाडा बांसवाडा डूंगरपुर कोटा तथा झालावाड बारां लोकसभा सीट शामिल है शुरूआती एक घंटे में भी मतदान के प्रति लोगों में जोश दिखाई दे रहा है पश्चिमी जिलों में सुबह के वक्त वोट डालने के लिये कतारें लगी हुई है इस बार लोकसभा चुनाव में भी ईवीएम के साथ पहली बार वीवीपेट मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है इस चरण में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की गृह सीटों सहित दो केंद्रीय मंत्रियों और नौ सांसदों की प्रतिष्ठा दाव पर लगी है

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने परिवार सहित जोधपुर के सरदारपुरा में भी मतदान किया उनके साथ जोधपुर से कांग्रेस प्रत्याशी और उनके पुत्र वैभव गहलोत ने भी अपने मत का उपयोग किया इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आज जनता अपने उम्मीदवार का फैसला कर देगी

केन्द्रीय मंत्री और जोधपुर से भाजपा प्रत्याशी गजेन्द्र सिंह शेखावत ने भी जोधपुर में अपने मताधिकार का प्रयोग किया पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने झालावाड के हाउसिंग बोर्ड स्थित मतदान केन्द्र पर अपने परिवार सहित वोट डाला

इनमें राजसमंद की विधायक किरण माहेश्वरी सांसद भूपेन्द्र यादव ओम माथुर और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा प्रमुख है

अजमेर से हमारे संवाददाता ने बताया कि यहां सुबह से ही लोगों की कतारे लगना शुरू हुई सुबह वोट डालने वालों में अधिकतर प्रातःकालीन भ्रमण करने वाले लोग शामिल थे

सवाईमाधोपुर में पहली बार वोट डालने आई युवा प्रत्याशी प्रियंका इस अवसर पर उत्साहित नजर आई

मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनन्द कुमार ने बताया कि मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं विशेषकर दिव्यांगों की सुविधा के लिए आवश्यक प्रबंध किए गए है उन्होंने मतदाताओं से लोकतांत्रिक व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए निर्भीक होकर मतदान करने की अपील की है

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी आज चूरू जिले के सरदारशहर में जनसभा को सम्बोधित करेंगे

इस बीच बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने कल अलवर और भरतपुर में जनसभाओं को सम्बोधित किया प्रदेश में शत प्रतिशत मतदान के लिये चलाये जा रहे स्वीप अभियान के तहत कई गतिविधियां आयोजित की जा रही है दूसरे चरण के मतदान वाले जिलों में जागरूकता के लिये कई कार्यक्रम हो रहे है बीकानेर में मतदान के लिए एक हफ्ते का समय शेष रहते सतरंगी सप्ताह की श्रूआत हुई स्वीप के सहप्रभारी ने बताया कि सप्ताह के दौरान कई गतिविधियां आयोजित की जाएगी हनुमानगढ़ में भी मतदाताओं को जागरूक करने के लिए दीपदान कार्यक्रम आयोजित किया गया सीकर में सतरंगी सप्ताह के तहत गुब्बारे उडाकर मतदान का संदेश दिया गया इधर राजधानी जयपुर में स्वीप कार्यक्रमों की कड़ी में कल अल्बर्ट हॉल पर बैंड वादन और नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से आमजन को मतदान के प्रति जागरूक किया गया

दिन में पड़ रही चिलचिलाती ध्रप से जनजीवन पर व्यापक असर पड़ रहा है